इस कलेक्शन में स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्त्एं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों को केन्द्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है यह ई बाजार और दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक अनूठी पहल है ट्रेन किराया प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्य प्रदेशों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रदेश लाने में उनके किराये का भ्गतान शासन द्वारा किया जायेगा श्रमिकों से किराया नहीं लिया जायेगा आधिकारिक जानकारी के अन्सार अपर म्ख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आई सी पी केशरी ने स्टेट कॉर्डिनेटर और कलेक्टरों को प्रभार के राज्यों के नोडल अधिकारी एवं रेलवे से समन्वय कर इस निर्णय के क्रियान्वयन के निर्देश दिये है मजदूर रेल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों के लिए घर लौटने की व्यवस्था नहीं करने पर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने घरों को लौट रहे मजदूरों का रेल किराया वहन करेगी उधरदिल्ली सिख ग्रुद्वारा प्रबंधक कमेटी विशेष रेलगाड़ियों से अपने राज्यों के लिए यात्रा कर रहे प्रवासी श्रमिकों छात्रों पर्यटकों श्रद्वाल्ओं आदि के लिए उनके सफर के दौरान उन्हें रेलगाड़ियों में उनके डिब्बों में ताजा पौष्टिक तथा गर्म आहार के पैकेट मुफ्त वितरित करेगी रोबोट कोरोना की जंग में रोबोट हमारा साथी बनकर उभरा है देश के कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और छात्रों ने ऐसे रोबोट बनाएं हैं जो कोरोना के इलाज में मददगार साबित हो रहे हैं

उज्जैन में बड़नगर तहसील से विधायक म्रली मोरवाल भी कोरेना पॉजिटिव हैं हालाँकि आकाशवाणी से चर्चा करते हुए श्री मोरवाल ने बताया कि पृनः जांच और उपचार के लिए इंदौर आए हैं सतना जिले में आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं किड़नी की बीमारी से ग्रसित इस मरीज को ग्जरात के अहमदाबाद इलाज के लिए ले जाया गया था जहां से यह वापस आया है खण्डवा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं अशोक नगर में आज लोक डाउन में आंशिक छूट मिलने के उपरांत बाजार में काफी भीड़ देखी गई

नीमच में कोरोना सक्रंमण से बचाव व स्रक्षा के लिए थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य निरंतर जारी है आगरमालवा कलेक्टर ने नागरिकों को अपने घरों पर रहकर लाकडाउन का पालन करने की अपील की है शहडोल में बैंक प्रबधक ने सभी जन धन खाता धारकों से अपील की है कि बैंको के आगे अनावश्यक भीड़ न लगायें

वही एक और उनके सहयोगी गोविंद ठाकुर भी दिव्यांग साथियों के साथ सोहागप्र में मास्क और राशन का वितरण कर रहे हैं साथ ही अनेक सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पहंचा रहे हैं कोरोना संकट के इस दौर में जहां हर इंसान अपने अपने स्तर पर जरुरतमंदों की मदद के लिए सामने आ रहे है तो वही इस मामले में दिव्यांगजनों की ये पहल वाकई सारहनीय है भांग शराब द्कान राज्य शासन ने कल से मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन की जोनवार वर्गीकृत जिलों में नई व्यवस्था लागू की है नई व्यवस्था के म्ताबिक प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल इंदौर एवं उज्जैन जिलों में मदिरा एवं भांग की समस्त द्कानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी रेड जोन के अन्य जिलों जबलप्र धार बड़वानी पूर्वी निमाड़ देवास एवं ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की द्वानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की द्कानें संचालित की जाएंगी